और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर झारखंड में मौजूदा पाबंदियों के साथ राज्य में आंशिक लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है

राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी दफ्तर अब दोपहर दो बजे के बजाय पूरे दिन चलेंगे इस बार वन विभाग के दफ्तर को भी खोला गया है ताकि बरसात के पूर्व पौधारोपण को लेकर तैयारियां की जा सके वर्तमान में जो प्रतिबंध हैं वह अगले एक सप्ताह तक उसी तरह जारी रहेंगे

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आदि उपस्थित थे

इसमें महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ गुजरात झारखंड और लद्दाख शामिल हैं

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना के वर्तमान स्वरूप में टीके बहत प्रभावकारी हैं उन्होंने कहा कि इसके विभिन्न स्वरूप समूचे विश्व और भारत में भी आएंगे जो अधिक संक्रमण फैलायेंगे श्री राघवन ने कहा कि यह समय सबके लिए मिलजुल कर काम करने का है भारत और विश्व इस महामारी से बाहर निकलेगा उन्होंने कहा कि इसे नियंत्रित करने में मास्क और सुरक्षित दूरी बनाये रखना बहुत आवश्यक है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्यकर्मियों और नर्सों द्वारा कोविड टीकों की बर्बादी को रोकने के उपायों पर प्रसन्नता व्यक्त की है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के एक ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने आज कहा कि इन उपायों से कोविड के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी

केंद्र सरकार ने कल स्पष्ट किया है कि कम्पनी कानून के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सी एस आर कोष से कोविड चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकता है सीएसआर के लिए कोविड महामारी के दौरान इन गतिविधियों में चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्रों की स्थापना ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर की आपूर्ति वेंटिलेटर सिलेंडर और इस तरह की अन्य गतिविधियों के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल है

मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे विभिन्न राज्यों को लगातार तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचा कर उन्हें राहत दे रहा है

रेल के इन डिब्बों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सकता है भारतीय रेलवे नेटवर्क इसे मांग के अनुसार अलग अलग स्थानों पर रख सकता है

इसी के साथ राज्य में अबतक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख तिरसठ हजार एक सौ पंद्रह पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल पांच हजार आठ सौ चार लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी इसी के साथ राज्य में अबतक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख दो सौ सैंतीस पहुंच गयी है राज्यभर में कल एक सौ इकतालीस कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अबतक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर तीन हजार तीन सौ छियालीस पहुंच गयी है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या उनसठ हजार पांच सौ बत्तीस है कल मिले नए संक्रमितों में रांची जिले के नौ सौ अन्ठावन पूर्वी सिंहभूम के आठ सौ संतानबे हजारीबाग के छह सौ तिरानबे बोकारो के चार सौ सत्ताईस सहित अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं मूख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीकाकरण में पत्रकारों को प्राथमिकता देने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कमार सिंह को दिया है उन्होंने टवीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की इस लेड़ाई में हम मिलकर लड़ते हुए ही जीत हासिल करेंगे मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने के निर्देश दिए हैं राज्यभर में आज कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा इसके तहत एक लाख इकसठ हजार लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है राज्यभर में चलने वाले इस अभियान में एक लाख पच्चीस हजार रैपिड एंटीजन टेस्ट तेईस हजार एक सौ आरटीपीसीआर और तेरह हजार दो सौ पचास लोगों की टूनेट जांच का लक्ष्य रखा गया है इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिले के उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है इस अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दी गयी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला लिया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया इसी के साथ सरकार के पिछले महीने इस संबंध में लिये गये फैसले को मंजूरी दी गई

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रांची सदर अस्पताल में आक्सीजनयुक्त बेड लगाने के मामले में कल सुनवाई हई

अदालत ने कंपनी से आज यह बताने को कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजनयुक्त बेड के लिए स्टोरेज टैंक की व्यवस्था कितने दिनों में होगी हाई कोर्ट में सदर अस्पताल की स्थिति में सुधार के लिए दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर कल सुनवाई हो रही थी

एक माह में आक्सीजनयुक्त बेड का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा अदालत ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में युद्धस्तर पर काम करने की जरूरत है अदालत ने कंपनी को यह बताने को कहा कि अस्पताल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की व्यवस्था कितने दिनों में होगी अदालत ने सेल और केंद्र सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया मामले की अगली सुनवाई आज भी होगी पाक्ड़ जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है वहीं कोविड जांच और टीकाकरण अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है

जिन जिलों को इंजेक्शन मिला है उनमें रांची बोकारो देवघर धनबाद पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम हजारीबाग सहित अन्य जिले शामिल हैं

सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में कल शाम सब्जी बाजार में भीड़ लगने के बाद विक्रेताओं को पुलिस द्वारा खदेड़ कर भगाया गया राजनगर साप्ताहिक हाट बंद रहा लेकिन सड़क किनारे सब्जी सब्जी विक्रेताओं ने द्कान लगा दी थी

इस दौरान लगभग डेढ़ सौ ग्रामीणों के बीच मास्क का वितरण किया गया और आइये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कोरोना की स्थिति और आंशिक लॉकडाउन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार के बयान की खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है तीसरी लहर आनी भी तय रहना होगा सतर्क और तैयार झारखंड में आंशिक लॉकडाउन बढ़ाने पर दैनिक भास्कर ने लिखा है झारखंड तेरह तक फिर लॉक दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खूलेंगी तीन बजे के बाद पैदल चलने पर भी रोक रहेगी झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को सात दिन तक क्वारेंटिन रहने की खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है

जिसका शीर्षक है आरबीआई ने उद्योगों को दी मरहम और इम्यूनिटी की डोज